प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मध्यप्रदेश में बारह हजार गांवों में एक लाख पचहत्तर हजार आवासों का लोकार्पण किया प्रधानमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से गृह प्रवेशम पट्टिका जारी की और एक साथ सभी घरों का लोकार्पण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस योजना से देश के करोड़ों लोगों में अपना घर होने का सपना साकार होने का विश्वास जगा है मध्यप्रदेश में सामूहिक गृह प्रवेश का यह समारोह पौने दो लाख गरीब परिवारों के लिए तो अपने जीवन का यादगार पल है ही

यह कार्यक्रम देश के सभी बेघर साथियों को एक विश्वास देने वाला भी पल है जिनका अब तक घर नहीं एक दिन उनका भी घर बनेगा आज का यह दिन करोड़ों देशवासियों के उस विश्वास को भी मजबूत करता है कि सही नियत से बनाई गई सरकारी योजनायें साकार भी होती हैं और उनके लाभार्थियों तक पहुंचती भी हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों की समस्याएं दूर करने के लिए हरसंभव कार्य कर रही है इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए ही नहीं है बल्कि ये गरीबों में आत्मविश्वास भरने की भी है

यहां कुल उनतीस कोविड अस्पताल और एक सौ छियासी कोविड केयर सेंटर संचालित हैं अस्पतालों में तीन हजार पांच सौ इंक्यावन और कोविड केयर सेंटरों में पच्चीस हजार पांच सौ साठ बिस्तर उपलब्ध हैं इसके अलावा उन्नीस निजी अस्पतालों में भी कोविड मरीजों का इलाज किया जा रहा है इस बीच कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए होम आइसोलेशन के संबंध में राज्य सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं इसके तहत होम आइसोलेशन के लिए कोविड मरीज अब ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे ऐप के जरिए होम आइसोलेट मरीजों के लिए आवश्यक सावधानी की भी जानकारी दी जाएगी कोविड संक्रमण के बिना लक्षणों और कम लक्षण वाले मरीजों के होम आइसोलेशन के लिए आवश्यक व्यवस्था और इसके क्रियान्वयन के लिए रायपुर जिला पंचायत परिसर में होम आइसोलेशन सेंटर की स्थापना की गई है कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने कल इस सेंटर का निरीक्षण किया इस दौरान कलेक्टर ने बताया कि मरीजों को इस सेंटर से अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिए चौबीसों घंटे सक्रिय आपात नंबर शुरू किया गया है मरीजों का हालचाल जानने और उनकी समस्या के निदान के लिए काउंसलर की व्यवस्था भी की गई है नोडल अधिकारी विनीत नंदनवार ने बताया कि होम आइसोलेशन की अनुमति लक्षणरहित और कम लक्षण वाले मरीजों को दी जा रही है यह सुविधा ऐप के माध्यम से घर बैठे ली जा सकती है नेता प्रतिपक्ष बयान दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बिस्तरों की कमी है उन्होंने कहा कि सरकार के अनुसार बाईस हजार बेड खाली हैं लेकिन जिन जिलों में मामले ज्यादा हैं वहां बेड उपलब्ध नहीं है इसके कारण गंभीर मरीजों की मृत्यु हो रही है श्री कौशिक ने वर्चुअल तरीके से पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि शासकीय अस्पतालों और कोविड सेंटरों में भारी अव्यवस्था है डॉक्टरों के बजाय पैरा मेडिकल स्टाफ ही सारी व्यवस्थाएं देख रहा है उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना योद्वाओं में भी नाराजगी है जूनियर डॉक्टरों को पांच महीने से स्टायफंड नहीं दिया गया है वहीं कोरोना योद्वाओं और शासकीय कर्मचारियों के लिए मुआवजे की कोई योजना भी प्रदेश में नहीं है मुख्यमंत्री बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की सिफारिश और दबाव में आए बिना निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार मरीजों को कोविड अस्पतालों में भर्ती किया जाए मुख्यमंत्री ने रायपुर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि मरीज के कोविड केयर सेंटर में पहुंचने के बाद डॉक्टर ही तय करेंगे कि उसे किस अस्पताल में भर्ती कराया जाना है डॉक्टरों की सलाह और मरीजों की स्थिति के अनुसार ही उन्हें बेहतर इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सामाजिक संगठनों गैर सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं की भी सहायता लेने को कहा है इसके अलावा विभिन्न समाजों द्वारा संचालित धर्मशालाओं और आश्रमों तथा उनके संचालन से जुड़े लोगों को भी कोरोना नियंत्रण से जोड़ने कहा गया है मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में कोविड अस्पताल और कोविड सेंटर के संचालन के लिए सात सौ छत्तीस करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया है साथ ही उन्होंने पत्र में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक सामानों की आपूर्ति और एम्स रायपुर में उपलब्ध चौव्वन आईसीयू बिस्तर को बढ़ाकर दो सौ बिस्तर करने का भी अनुरोध किया है मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की जानकारी देते हुए केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही तकनीकी सहायता और दिशा निर्देशों के लिए केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद भी दिया श्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में उनतीस डेडिकेटेड अस्पताल और दो सौ इक्कीस कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं यहां मरीजों के इलाज के लिए लगभग उनतीस हजार बिस्तरों की व्यवस्था की गई है कोरोना मरीज प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने का सिलसिला जारी है दुर्ग में आज शाम तक एक सौ तीन कोरोना संक्रमित नये मरीजों की पहचान हुई है वहीं जांजगीर तहसील कार्यालय के तीन कर्मचारी कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं इधर महासमुंद जिला व्यापार और उद्योग केन्द्र में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद कार्यालय को चौदह से अट्ठारह सितंबर तक आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है वहीं महासमुंद जिले में आयुष विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा के तीन हजार पैकेट और नौ हजार से अधिक पाम्पलेट का वितरण किया गया उधर कोरोना संक्रमण के प्रति जन जागरूकता अभियान के तहत नगर निगम भिलाई द्वारा दो प्रचार रथ तैयार किए गए हैं भिलाई के महापोर और विधायक देवेन्द्र यादव ने झण्डी दिखाकर इन रथों को रवाना किया इन रथों के माध्यम से लोगों को कोरोना संक्रमण से संबंधित जानकारी दी जाएगी

इसके तहत रायपुर जिला कलेक्टर परिसर से कल सुबह ग्यारह बजे विभिन्न परीक्षा केन्द्रों के लिए वाहनों को रवाना किया जाएगा इसी तरह जनपद पंचायत धरसींवा आरंग तिल्दा खरोरा और अभनपुर तहसील कार्यालय तथा बस स्टैण्ड पंडरी और रेलवे स्टेशन रायपुर से सुबह साढ़े नौ बजे वाहन रवाना किए जाएंगे इसके अलावा प्रयास गुढ़ियारी से संबंधित केन्द्र प्रयास गुढ़ियारी तथा छात्रावास डीडी नगर से संबंधित केन्द्र के लिए वाहनों को सुबह साढे दस बजे कलेक्टोरेट रायपुर से रवाना किया जाएगा वहीं नीट परीक्षा के मद्देनजर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी जा रही है अनूपपुर भोपाल अनूपपुर स्पेशल ट्रेन का परिचालन आज से किया जा रहा है इसी प्रकार भोपाल अनूपपुर स्पेशल ट्रेन का परिचालन कल तेरह सितंबर को भोपाल से किया जाएगा जेईई मेन्स परिणाम राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन्स का परिणाम घोषित कर दिया है परीक्षा इस महीने की दो और छह तारीख को आयोजित की गई थी इसमें चौबीस उम्मीदवारों ने शत प्रतिशत अंक हासिल किए हैं

ये रेलगाड़ियां पूरी तरह आरक्षित होंगी इनके लिये बुकिंग इस महीने की दस तारीख से पहले ही शुरू हो चुकी है रेल मंत्रालय ने बताया है कि ये रेलगाड़ियां मौजूदा तीस स्पेशल राजधानी की तरह की रेलगाड़ियों और दो सौ स्पेशल मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी

केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है कि कोरोना वायरस से बुजुर्गों को सुरक्षित रखने के लिए तिथि बढ़ाने का ये निर्णय लिया गया है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के सभी पेंशनभोगी एक नबंवर से इकतीस दिसंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं कार्मिक राज्यमंत्री ने बताया कि बढ़ाई गई तिथि की अवधि के दौरान पेंशनभोगियों को निर्बाध पेंशन मिलती रहेगी मुठभेड़ खुलासा सुकमा जिले में मिनपा के जंगल में बीते इक्कीस मार्च को हुई मुठभेड़ मे तेईस माओवादियों के मारे जाने की पुष्टि माओवादी कैम्प से बरामद दस्तावेजों के आधार पर हुई है उल्लेखनीय है कि इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के सत्रह जवान शहीद हो गए थे पुलिस के मुताबिक सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र के ग्राम एंटापाड़ के जंगल में बीते आठ सितंबर को सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई जवानों द्वारा की गई कार्रवाई के बाद माओवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग गए इलाके की तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री और दस्तावेज बरामद किए गए जब्त दस्तावेजों से यह जानकारी मिली है कि मिनपा के जंगल में बीते इक्कीस मार्च को हुई मुठभेड़ में तेईस माओवादी मारे गए हैं इस बीच बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने कहा है कि माओवाद प्रभावित अंदरूनी क्षेत्रों में माओवाद विरोधी अभियान आगे भी जारी रहेगा भाजपा सेवा सप्ताह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई आगामी चौदह से बीस सितंबर तक सेवा सप्ताह मनाएगी संगठन ही सेवा के तहत विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यो को लेकर कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएंगे इसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा इसकी तैयारियों को लेकर आज आज भाजयुमो की प्रदेश स्तरीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि सेवा सप्ताह के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा अट्ठाईस हजार रक्तदाताओं के नाम की अमृत डायरेक्टरी को जनता को समर्पित किया जाएगा साथ ही जिलों में सफाईकर्मियों का सम्मान कार्यक्रम श्रमेव जयते का आयोजन भी होगा लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की दसवीं कड़ी का प्रसारण कल तेरह सितंबर रविवार को होगा मुख्यमंत्री इस बार लोकवाणी में समावेशी विकास आपकी आस विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से ग्यारह बजे तक किया जाएगा पोषण माह राष्ट्रीय पोषण माह के तहत महासमुंद जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं नवजात शिशुओं और कुपोषित बच्चों को उनके परिजनों की उपस्थिति में आवश्यक जानकारी दी जा रही है इसके साथ ही कुपोषित बच्चों गर्भवती और शिशुवती माताओं को घर पहुंच पूरक पोषण आहार भी दिया जा रहा है कोरोना पुलिस पहल कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए दुर्ग पुलिस अब प्रेरक के रूप में कार्य कर रही है पुलिस नियंत्रण कक्ष भिलाई से आज कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए एक पहल की शुरूआत की गई इसके तहत मरीजों को फोन करके उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जा रही है साथ ही शासन प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के बारे में भी उन्हें अवगत कराया जा रहा है पहले दिन लगभग सौ कोरोना संक्रमित मरीजों से फोन पर बात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई मोहल्ला क्लास कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं वहीं बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड के ग्राम सिधमा में भी युवाओं ने मोहल्ला क्लास शुरू कर स्कूली बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाई है ये युवा मोहल्ला क्लास के माध्यम से लगभग डेढ़ हजार बच्चों को पढ़ा रहे हैं मोहल्ला क्लास में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाने और शारीरिक दूरी का भी ध्यान रखा जा रहा है हाथों की सफाई के लिए हैंडवाश और सैनिटाईजर शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराया गया है जीएसटी छापा केंद्रीय जीएसटी और उत्पाद शुल्क के अधिकारियों की टीम ने आज रायपुर स्थित एक फर्म के दफ्तर में दबिश देकर करीब साढ़े बारह करोड़ रूपये की टैक्स चोरी पकड़ी है प्रारंभिक जांच में कई फर्जी कंपनियों द्वारा जारी बोगस बिलों के आधार पर करीब बारह करोड़ तिरपन लाख रूपये का गलत इनपुट टैक्स लेना पाया गया है फिलहाल जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच जारी है इस मामले में आरोपी कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया गया है मौसम प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है साथ ही एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की भी चेतावनी दी गई है इस दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है मौसम विभाग के मुताबिक मानसून द्रोणिका फलौदी सीकर पटना और उसके बाद पूर्व की ओर बांग्लादेश असम होते हुए मणिपुर तक स्थित है वहीं एक चक्रीय चक्रवाती धेरा पश्चिम बंगाल की खाड़ी और तटीय आंध्रप्रदेश के ऊपर बना हुआ है जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है प्रदेश में बीते चौबीस घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई